पुलिस मुख्यालय ने जारी किया निर्देश

और दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से मिली राहत

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही कैबिनेट ने अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए चौंतीस करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है राज्यमंत्रिमंडल ने बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है सिपाही भर्ती में अब इंटर की जगह मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे इसके अलावा कैबिनेट ने संविदाकर्मियों की सेवा साठ साल तक जारी रखने का भी फैसला किया है एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने तीन हजार से कम आबादी वाले पंचायत को निकट के ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर उनके पूनर्गठन और नामकरण करने का निर्णय लिया है कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के सभी पार्क के रख रखाव की जिम्मेदारी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को दी है वहीं गन्ने की खरीद पर कमीशन की दर एक दशमलव आठ प्रतिशत से घटाकर शून्य दशमलव दो प्रतिशत कर दी गयी है पश् चिकित्सा और पश् विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज के लिए दो सौ आठ अकादमिक तथा प्रशासनिक पद को स्वीकृति दी गयी है वहीं कैबिनेट ने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में छह चिकित्सा पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की भी स्वीकृति दे दी है राज्य सरकार ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल व्यक्तियों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही वे सरकारी ठेके लेने के पात्र होंगे मामले में आरोप पत्र दायर होने के साथ ही ऐसे लोग सरकारी नौकरी और ठेके के लिए अयोग्य हो जायेंगे हालांकि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की स्थिति में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने बताया कि इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया गया है गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी और संविदा नौकरियों के साथ साथ ठेकेदारों के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है राज्य के सरकारी कर्मियों की तरह अब संविदा कर्मियों और नियोजित कर्मियों को भी अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प के आलोक में रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है आदेश के अनुसार संविदाकर्मियों को ऑनलाईन अपनी सम्पत्ति के साथ साथ बैंक ऋण और सरकारी कर्ज की जानकारी भी देनी होगी ऐसे सभी कर्मियों से फरवरी महीने के अंत तक अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा वेबसाईट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है ये परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है ताकि छात्रों को बिना तनाव के परीक्षाओं की तैयारी का समय मिल सके बाईट इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपके विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़े रहे और आपको कहीं तनाव न हो मानसिक दबाव न हो आप मस्ती के साथ अपनी तैयारियों को करें इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन कल एक सौ अड़सठ परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया सबसे अधिक जहानाबाद और भोजपूर से अट्ठाईस अट्ठाईस परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया वहीं जमुई से सत्ताईस परीक्षार्थी निष्कासित हुये हैं सुपौल में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुये नौ और मधुबनी से एक अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई है परीक्षा के पहले दिन सोमवार को एक सौ तिरसठ परीक्षार्थियों को नकल करने के आरोप में निष्कासित किया गया था प्रदेश में अब तक चौबीस लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है सहकारिता मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से राज्य में बीस लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद नहीं हो सकी थी विभाग द्वारा धान खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने के कारण इस बार धान की अधिप्राप्ति में वृद्धि हुई है उन्होंने बताया कि अब तक अस्सी प्रतिशत किसानों को भुगतान किया जा चुका है केन्द्र सरकार ने जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर के पहले चरण का काम कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया है इस संबंध में गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट के माध्यम से राज्यसभा में यह जानकारी दी गयी पटना में गंगा किनारे नौजरघाट से नूरपुरघाट तक अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है एक याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले गंगा के बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर गहरी चिंता जतायी है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सदन के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए श्री सिन्हा ने कहा कि इस संबंध में वे मुख्य सचिव के साथ जल्द ही एक बैठक करेंगे प्रदेशभर के मौसम के रूख में तेजी से बदलाव हुआ है दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हवा के प्रभाव से प्रदेशभर के अधिकतम तापमान में एक से चार डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है उन्होंने बताया कि अब राज्य में शीत दिवस या शीत लहर की स्थिति नहीं रहेगी

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे प्रतिशत हो गई है एक दिन में एक सौ तिहत्तर मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख अंठावन हजार तीन सौ नौ हो गई है वहीं इसी अवधि में एक सौ अठारह नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख साठ हजार नौ सौ बारह हो गया है एक दिन में चार लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ सात हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार पंचानवे है प्रदेश में अब तक दो लाख इक्कीस हजार पांच सौ तेईस स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है कल सैंतीस हजार एक सौ उनचालीस स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया कल टीके लेने वालों में एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल थे डॉक्टर जायसवाल ने कोरोना वारियर के रूप में टीका लगवाया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके के दुष्प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है इधर देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग पचास लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड वैक्सीन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने इसकी खुराक और उसे लेने के अंतराल के बारे में बताया

परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन शुरू हो गया है आवेदन की अंतिम तिथि दो मार्च तक निर्धारित है बिहार लोक सेवा आयोग ने जिलास्तरीय कला और संस्कृति पदाधिकारी के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी आवेदन की अंतिम तिथि तीन मार्च निर्धारित है विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है वैशाली जिले के जन्दाहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से आठ क्विंटल गांजा बरामद किया है मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है बरामद गांजे का बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रूपये बताया जाता है मूंगेर जिले के बरियापूर थाना क्षेत्र में पूलिस और एसटीएफ की टीम ने ऋषिकृंड पहाड़ के पास छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है मौके से निर्मित और अर्द्वनिर्मित हथियारों के साथ साथ चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है खगड़िया जिले के बलुआही बस स्टैंड के पास से पुलिस ने तीन हथियार तस्करों को चार देसी पिस्तौल तीन मैगजीन और दो सौ कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने राज्यमंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है सवा चार लाख बेटियों की सहायता राशि दोगुनी हुई दैनिक जागरण की सुर्खी है तीनों नये कृषि कानूनों के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा दैनिक भास्कर लिखता है कोरोना टीकाकरण में मामले में बिहार टॉप टेन में प्रभात खबर ने लिखा है ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को हिन्दी वर्ड ऑफ द ईयर चुना राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज ने सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम के जारी होने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

पुलिस मुख्यालय ने जारी किया निर्देश

और दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से मिली राहत